प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर इक्यानवे प्रतिशत से अधिक हुई

अब तक पांच हजार करोड़ रूपये की मदद दी गयी

प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर इक्यानवे प्रतिशत से अधिक हो गयी है जो राष्ट्रीय औसत से तेरह प्रतिशत ज्यादा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमित लोगों में से इक्यानवे दशमलव एक छह प्रतिशत लोग ठीक हो चुके हैं फिलहाल तेरह हजार पांच सौ छब्बीस लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है वहीं राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक हजार पांच सौ इकतीस नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख बासठ हजार छह सौ बत्तीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक दो सौ पंद्रह मामले पटना जिले में सामने आये हैं महामारी से प्रदेश में अब तक आठ सौ अड़तालीस लोगों की मृत्यु हुई है राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमितों से संबंधित विभिन्न जानकारियों के विश्लेषण के लिए तीन स्तरीय समिति का गठन किया है जिला स्तर पर गठित कमिटी का अध्यक्ष सिविल सर्जन को बनाया गया है जबकि चिकित्सा महाविद्यालयों में गठित समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होंगे वहीं राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव करेंगे यह समिति कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु की गणना मृत्यु का कारण मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा सुविधा और कोरोना के कारण होने वाली मृत्यु को कम करने के सुझाव देगी इधर देश भर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान बयासी हजार नौ सौ इकसठ कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अठहत्तर दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सरकार की टेस्ट ट्रैक और ट्रीट रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन से मृत्युदर में भी कमी आई है इस समय देश में इस संक्रमण से मरने वालों की दर एक दशमलव छह तीन प्रतिशत रह गई है वहीं देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या पचास लाख बीस हजार तीन सौ उनसठ हो गई है वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या नौ लाख पंचानवे हजार नौ सौ तैंतीस है महामारी से देश में अब तक बयासी हजार छियासठ लोगों की मृत्यु हुई है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा है कि कोविड उन्नीस से संक्रमित व्यक्ति में रोग निरोधक क्षमता अच्छी होने से बीमारी से मुक्ति जल्द मिलती है हर व्यक्ति को प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करनी चाहिए

इसलिए जांच कराने से ही सही जानकारी मिल सकती है

अब तक इसके तहत पांच हजार करोड़ रूपये दिये गये हैं केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों की मदद के लिये बीस नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये और पंद्रह हजार से अधिक श्रमिकों की शिकायतों का निपटारा किया गया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिये गठित कोष से प्रभावित कामगारों को मदद देने को कहा है केन्द्र सरकार ने आज कहा कि कोविड उन्नीस के चलते देश में लागू लॉकडाउन के कारण एक करोड़ से अधिक प्रवासी कामगार अपने गृह जिलों को लौटे हैं राज्यसभा में दिये एक लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि बिहार के पंद्रह लाख छह सौ बारह श्रमिक अपने गृह राज्य को लौटे हैं केन्द्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा में संशोधन पर विचार कर रही है राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज कहा कि सरकार संशोधित सीमा के तौर तरीकों पर विचार कर रही है कोविड संक्रमण के खतरे के मददेनजर राज्य की जेलों में कैदियों से आमने सामने मुलाकात पर रोक रहेगी विकल्प के तौर पर कैदियों के परिजन और उनके मिलने वाले ई मुलाकात के जरिये भेंट करेंगे इसके तहत जेलों में टेलीफोन बूथ के माध्यम से बातचीत करायी जाती है रेलवे ने विशेष मार्गों पर भारी मांग को देखते हुये इस महीने की इक्कीस तारीख से बीस जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है जिन रेलगाडियों में प्रतीक्षा सूची लंबी होती है और मांग अधिक होती है उसके लिये एक और ट्रेन चलायी जाती है जिसे क्लोन ट्रेन कहा जाता है इनमें से पांच ट्रेन बिहार से खुलेगी राज्य से राजेन्द्र नगर नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस सहरसा दिल्ली एक्सप्रेस श्रमजीवी एक्सप्रेस दरभंगा दिल्ली एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर दिल्ली एक्सप्रेस की क्लोन ट्रेन चलायी जायेगी इससे दुर्गापूजा और छठ के दौरान प्रदेश में आने वाले लोगों को सुविधा होगी नई घोषित क्लोन ट्रेन निर्धारित समय पर चलेंगी और पूरी तरह आरक्षित होंगी इनका ठहराव संचालन हॉल्ट पर सीमित रहेगा इन रेलगाड़ियों में हमसफर एक्सप्रेस रेक होगा और इनका किराया भी हमसफर ट्रेन के बराबर होगा इन रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की अवधि दस दिनों की होगी ये विशेष क्लोन ट्रेन पहले से संचालित हो रही विशेष रेलगाडियों के अतिरिक्त चलाई जाएंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अठारह सितम्बर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे इस महासेतु के बन जाने से सुपौल जाने वाले लोगों को दरभंगा समस्तीपुर खगड़िया मानसी सहरसा होते हुए दो सौ अंठानवे किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का सफर तय नहीं करना होगा महासेतु की लंबाई लगभग दो किलोमीटर है और इसके निर्माण पर पांच सौ सोलह करोड़ रूपये का खर्च आया है इस नवनिर्मित पुल के माध्यम से सरायगढ़ असनपुर कुपहा रेल मार्ग से होते हुए सुपौल जाने में दूरी घटकर बाईस किलोमीटर हो जायेगी गौरतलब है कि उन्नीस सौ चौंतीस के भूकंप और बाढ़ में सुपौल जिले के निर्मली और भपटयाही के बीच कोसी नदी पर बना पुल बह गया था इसके बाद से इस मार्ग पर कोई रेल संपर्क नहीं था केन्द्र सरकार ने दो हजार तीन चार के दौरान महासेतु के निर्माण को मंजूरी दी थी इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार से जुड़ी बारह रेल परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल में लगभग पच्चीस करोड़ रूपये मूल्य का मादक पदार्थ ब्राउन शुगर जब्त किया गया है सीमा शुल्क विभाग और एसएसबी ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए छियासी किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है इसे कपड़े की खेप में छिपाकर पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल के प्रेम नगर मुहल्ले में रखा गया था सीमा शुल्क विभाग के उपायुक्त आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि जब्त किये गये मादक पदार्थ को जांच के लिये भेजा गया है

चार वर्ष के समेकित बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिये जिलावार परीक्षार्थियों की सूची जारी कर दी गयी है यह परीक्षा चार अक्टूबर को आयोजित की जायेगी इसके लिये संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन मुजफ्फरपुर पटना और दरभंगा में बनाये गये परीक्षा केन्द्रों पर होगा च्रनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चूनाव को लेकर होने वाली बैठकों में अधिकतम एक सौ व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति दी है राज्य के दौरे पर आई आयोग की दो सदस्यीय टीम ने चुनाव प्रक्रिया में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन हर स्तर पर करने का निर्देश दिया लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड ने विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के चयन के लिये राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत किया है आज संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया इधर भाजपा के नेता चुनाव के मद्देनजर राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेन्द्र पासवान ने सासाराम में कई कार्यक्रमों को संबोधित किया वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भाकपा माले के राज्य समिति की बैठक पटना में आयोजित की गयी राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह पांच बजे के आस पास भूकम्प के हल्के झटके महसूस किये गये नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकम्प की तीव्रता रेक्टर स्केल पर पांच दशमलव तीन मापी गयी भूकम्प का केन्द्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से अड़तालीस किलोमीटर प्ररब में था इसके झटके पटना सहित उत्तर बिहार के कई जिलों में महसूस किये गये भूकम्प से जान माल की क्षति की कोई खबर नहीं है राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है जिससे कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हुई है मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके कारण राज्य के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है

वहीं कटिहार पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जिले में कई स्थानों पर अस्सी मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गयी है महालया कल है पितृपक्ष की समाप्ति के साथ इस शुभ दिन की शुरुआत होती है इस बार मलमास के कारण दुर्गापूजा की शुरुआत महालया के एक महीने बाद यानी सत्रह अक्टूबर से होगी महालया के अवसर पर आकाशवाणी पटना से कल सुबह साढे चार बजे विशेष कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनी की प्रसारण किया जायेगा शेखप्रा जिले में भारतीय स्टेट बैंक की कृषि शाखा के प्रबंधक उनकी पत्नी और एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं इसके बाद बैंक शाखा को दो दिनों के लिये बंद कर दिया गया है रोहतास जिले में इक्कीस सितम्बर से व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ अदालतों में न्यायिक कामकाज होंगे अदालत प्रशासन की ओर से इसके लिये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं न्यायिक पदाधिकारियों कर्मचारियों अधिवक्ताओं और लिपिकों को अदालत में जाने की अनुमति दी गयी है वहीं पक्षकारों को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति होगी इसके लिये पास जारी किये जायेंगे अरवल जिले में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिले के एम्बुलेंस चालक दो हजार उन्नीस से लंबित मानदेय के भुगतान को लेकर हड़ताल पर चले गये हैं और अब अंत में मूख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर इक्यानवे प्रतिशत से अधिक हुई

अब तक पांच हजार करोड़ रूपये की मदद दी गयी